कहा लोकतंत्र में विरोध के नाम पर हिंसा का कोई औचित्य नहीं है

और आज आंशिक सूर्य ग्रहण है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में हिंसा और आगजनी करने वालों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि समाज में हिंसा का कोई औचित्य नहीं है लखनऊ में एक समारोह में उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून दो हजार उन्नीस के विरोध में प्रदर्शनों के दौरान जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं बाईट यूपी में जिस तरह कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया वो अपने घर में बैठकर करके एक बार खुद को सवाल पूछे कि क्या यह उनका यह रास्ता सही था जो कुछ जलाया गया बर्बाद किया गया

झठी अफवाहों में आकर हिंसा करने वालों सरकारी संपत्ति तोड़ने वालों को मैं बहुत आग्रह से कहना चाहूंगा कि बेहतर सड़क बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम उत्तम सीवर लाइन नागरिकों का हक है प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए उन्हें नागरिकता देना एक समस्या थी जिसका समाधान एक सौ तीस करोड़ भारतीयों ने निकाल लिया इधर नागरिकता संशोधन कानून को समाज के प्रब्रद्ध लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है दरभंगा निवासी और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में राजनीति विभाग के प्रोफेसर जितेन्द्र नारायण ने कहा कि यह वंचित लोगों को अधिकार दिलाने वाला कानून है बाईट किसी का नागरिकता लेने का कानून नहीं है इसी लिए मैं इसका समर्थन करता हूँ और जो लोग इसका विरोध करते हैं साफ कहा गया इस एक्ट को एक लाईन में कहा जाये तो साफ कहा गया है कि इस देश का काई भी नागरिक कहीं जायेंगा नहीं लेकिन एक भी घुसपैठियां इस देश में रह पायेगा नहीं यही इसका मूल मंत्र है और इसी उद्देश्य से किया गया है और इसी लिए राष्ट्रीय हित में है राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए जरूरी है राष्ट्रीय विकास के लिए जरूरी है केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि नागरिकता संशोधन बिल पर विपक्षी दल देश के लोगों को गुमराह कर वोट की राजनीति कर रहे हैं श्री राय समस्तीपुर में पार्टी की ओर से आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि यह बिल नागरिकता देने का है न कि किसी की नागरिकता लेने का है श्री राय ने आरोप लगाया कि सत्ता के लिए कांग्रेस जैसे विपक्षी दल इस बिल पर गलत अफवाह फैला कर भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं उन्होंने कहा कि मानवता के आधार पर ऐसे लोगों को नई जिन्दगी देने के लिए ही केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून बनाया है संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अगले साल मार्च तक भारतनेट के माध्यम से देशभर के सभी गांवों में मूफ्त वाईफाई सेवाएं प्रदान कर दी जाएंगी हरियाणा के रेवाड़ी में डिजिटल ग्राम गुरवारा का उद्घाटन करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि मंत्रालय ने पहले ही भारतनेट के जरिए एक लाख तीस हजार ग्राम पंचायतों को जोड़ दिया है उन्होंने कहा कि इसकी पहुंच बढ़ाकर ढाई लाख ग्राम पंचायतों तक ले जाने का लक्ष्य है उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का अगले चार वर्षों के दौरान कम से कम पन्द्रह प्रतिशत गांवों को डिजिटल गांव में बदलने का लक्ष्य है राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जायेगी स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक डॉक्टर आरएन द्विवेदी ने बताया कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तेईस प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जायेगा यह प्ररा कार्यक्रम नेशनल हेल्थ मिशन के अन्तर्गत किया जा रहा है प्रदेश में अगले पांच दिनों तक घने कोहरे के साथ शीत लहर जारी रहने की आशंका है पटना और गया के तापमान में और गिरावट आ सकती है जबकि मुजफ्फरपुर और उसके आस पास के क्षेत्रों में शीतलहर की स्थिति रहेगी वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए सत्तार ने बताया कि पूरे राज्य में तीन से चार दिनों में फिर से कोल्ड डे की स्थिति बनेगी जिससे न्यूनतम तापमान पांच से नौ डिग्री के बीच आ सकता है उधर कोहरे के कारण पटना से दिल्ली और बेंगलुरू जाने वाली दो विमानों की उड़ान रद्द कर दी गयी है बिहार से होकर गुजरने वाली बड़ी संख्या में ट्रेन घंटों विलंब से चल रही है कई मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियों का परिचालन रद्द कर दिया गया है वहीं मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने ठंड को देखते हुये सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में उनतीस दिसम्बर और सीतामढ़ी जिले में कक्षा आठ तक अट्ठाइस दिसम्बर तक पठन पाठन स्थगित रहेगा

पटना सहित राज्यभर में सूर्य ग्रहण लगभग दो घंटे चालीस मिनट तक रहेगा पटना में सूर्य ग्रहण का समय सुबह आठ बजकर सत्रह मिनट से शुरू हुआ है जो दस बजकर सत्तावन मिनट पर समाप्त होगा राजधानी पटना के श्रीकृष्ण विज्ञान केन्द्र में इस ग्रहण को देखने के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है यह वलयाकार ग्रहण होगा ऐसा तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के केन्द्र को ढक लेता है और सूर्य का केवल बाहरी किनारा नजर आता है यह रिंग ऑफ फायर का आकार ले लेता है या वलयाकार हो जाता है राज्य के एक करोड़ छियासठ लाख परिवारों को नया राशन कार्ड दिया जायेगा खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने बताया है कि अगले वर्ष जनवरी महीने में सभी जन वितरण प्राणाली के दुकानों में पॉस मशीने लगा दी जायेंगी राज्य में अपराधियों की पूरी जानकारी मोबाईल पर उपलब्ध होगी इसके लिए पुलिस मुख्यालय एक खास एप तैयार करा रहा है एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि इस एप पर सभी छोटे बड़े अपराधियों का पूरा डाटाबेस मौजूद रहेगा उन्होंने कहा कि इस एप के माध्यम से अपराधियों पर नजर रखने के साथ ही अपराध की रोकथाम में भी काफी मदद मिलेगी राज्य मानवाधिकार आयोग ने वर्ष दो हजार सोलह में चाणक्य नेशनल लॉ विश्वविद्यालय पटना के दो छात्रों के वैशाली जिले में हुई डूब कर मौत पर पांच पांच लाख रूपये का मुआवजा देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है वहीं भागलपुर की लोकमान्यपुर गांव के एक महिला की अप्राकृतिक मौत पर चार लाख रूपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है नई दिल्ली में चल रही अड़तालीसवीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हैंड बॉल प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाईनल में बिहार ने राजस्थान को सत्रह के मुकाबले सत्ताईस अंकों से पराजित कर दिया बिहार का अगला मुकाबला हरियाणा से होगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नागरिकता पर लोगों से की गयी अपील की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने गुरू गोविंद सिंह महाराज के प्रकाशोत्सव पर सुर्खी दी है सीएम का तैयारियों को समय पर पूरा करने का निर्देश दैनिक जागरण की बड़ी खबर है उड़ी में सेना का नायब सुबेदार हुआ शहीद दैनिक भास्कर ने बिहार की नल जल योजना को केन्द्र ने अपनाया सात राज्यों में लागू को बड़ी खबर बनाया है प्रभात खबर लिखता है नये साल से बदल जायेगा डीएलएड का सिलेबस अखबार आज ने ठंड पर शीर्षक दिया है तीन दिनों तक कोहरे की सम्भावना

कहा लोकतंत्र में विरोध के नाम पर हिंसा का कोई औचित्य नहीं है

और आज आंशिक सूर्य ग्रहण है